मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल मण्डी जिले के पंडोह में जलशक्ति और लोग निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान ये जानकारी दी

टीकाकरण देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें

योजना का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की वैबपोर्टल या लोकमित्र केन्द्र पर पंजीकरण किया जा सकता है

इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समुद्धि की कामना करते हैं देश में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे

कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार के फैसलों से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर लिखता है पर्यटकों पर रोक लगाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नाइट कफ्यू को रहें तैयार स्वास्थ्य विभाग ने सिरमौर सोलन ऊना हमीरपुर और कांगड़ा जिला के लिए तैयार किया प्रस्ताव हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट